उन्होंने कहा कि इसी क्रम में राज्य में पीएसी की तीन महिला बटालियन का लखनऊ गोरखपुर और बदायँ में गठन किया जा रहा है मुख्यमंत्री कल गोरखपुर में प्रदेश की पहली पीएसी महिला बटालियन के भवन का शिलान्यास करने के बाद लोगों को सम्बोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि पीएसी की महिला बटालियन के जरिये प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को और सुदृढ किया जा सकेगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुलिस ट्रेनिंग स्कल का भी शिलान्यास किया श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की पुलिस को बेहतर प्रशिक्षण देने के साथ साथ उन्हें सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है श्री योगी ने कहा कि दो हजार सत्रह में जब राज्य में भाजपा सरकार आयी थी तब पुलिस में डेढ़ लाख पद खाली थे उन्होंने कहा कि इसमें से पच्चासी हजार पदों पर भर्ती की जा चुकी है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की तेईस तारीख को देश और विदेश के लोगों के साथ आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी ने एक टवीट संदेश में लोगों से उन विषयों पर विचार भेजने का आग्रह किया है जिन पर उनको चर्चा करनी चाहिये

वे नमो ऐप ओपन फोरम या माइ जी ओ वी डॉट इन पर भी लिख सकते हैं वे एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल के जरिए भी सुझाव दे सकते हैं

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने कोरोना वायरस की स्थिति की निगरानी के लिए एक पैनल गठित किया है स्वास्थ्य मंत्रालय सभी राज्यों से इस मृद्दे पर वीडियो कॉलिंग कर रहा है स्वास्थ्य मंत्री ने सदन को बताया कि अब तक एक हजार एक सौ अट्ठारह जहाजों की जांच की गई है उन्होंने एयर इंडिया और भारतीय छात्रों को वुहान से लाने के मिशन में शामिल सभी चिकित्सा कर्मियों को धन्यवाद दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विश्व में भारतीय शिक्षकों की मांग सबसे अधिक है उन्होंने कहा कि हम शिक्षकों को अपने कॉलेजों में दूसरे देशों की भाषा का प्रशिक्षण देकर उनकी योग्यता बढ़ाकर उन्हें वहां भेज सकते हैं श्री योगी आज गोरखपुर में दिग्विजयनाथ एल टी प्रशिक्षण महाविद्यालय में संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने की दिशा में निरन्तर प्रयासरत है इससे पर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार में लोगों की समस्याए सुनीं मुख्यमंत्री ने संबद्ध अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण और उचित कार्रवाई के निर्देश दिये हैं केन्द्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट और पीएचडी के छात्रों की मदद के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी वेबसाइड डब्ल्य डब्ल्य डब्ल्य डॉट यजीसी डॉट एसी डॉट इन पर शैक्षणिक रोजगार पोर्टेल बनाया है लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि विश्वविद्यालय कॉलेज और अन्य रोजगार संगठनों का ध्यान आकर्षित करने के लिए छात्र अपना शैक्षणिक विवरण इस पोर्टल पर दे सकते हैं देश भर में आज रा ट्रीय कृमिरोधी दिवस मनाया जा रहा है

दो हजार पन्द्रह में रू किए गये इस कार्यक्रम का उददेश्य परिजीवी कमि का प्रभाव कम करने के लिए बच्चों और किशोरों की आंतों को कृभिरहित करना है इससे पेट के कीड़ो की समस्या को जन स्वास्थ्य की समस्या बनने से रोका जा सकेगा जो बच्चे आज खुराक नहीं ले पायेंगे वे सत्रह फरवरी को खुराक ले सकते हैं संभल में आज सुबह एक बस और ट्रक की टक्कर में तीन लोगों की मृत्यू हो गयी और छह अन्य घायल हो गये पुलिस ने बताया कि दुर्घटना बनियाठेर क्षेत्र में रसूलपुर कैली गांव के पास हुई बस मुरादाबाद से मथुरा जा रही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है पद्मश्री से सम्मानित वरि ठ साहित्यकार गिरिराज किशोर का पार्थिव शरीर आज कानपुर में मेडिकल कालेज को सौंप दिया गया उनका कल कानपुर में हृदयगति रूकने से निधन को गया था

उनकी अंतिम यात्रा में प्रदेश सरकार के मंत्री सतीश महाना समेत अन्य गणमान्य लोग शामिल हुये